टीकाकरण के लिये राज्य सरकार ने आधार को अनिवार्य किया

फास्टैग नहीं होने पर देना होगा दोगुना टोल टैक्स बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पहले चरण में तीन लाख संतानवे हजार स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीके दिये जा चुके हैं पहला टीका लेने के अठाईस दिनों के बाद शरीर में कोरोना के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने के लिये दूसरा टीका जरूरी है देश के अन्य हिस्सों में इस अभियान की शुरूआत पिछले शनिवार को हुई थी राज्य में अब तक पहले और दूसरे चरण में मिलाकर चार लाख बानवे हजार से अधिक टीके दिये जा चुके हैं इनमें पंचानवे हजार चार सौ पैंतीस फ्रंट लाईन वर्कर्स शामिल हैं राज्य सरकार ने कोविड का टीका लेने के लिये आधार संख्या को अनिवार्य कर दिया है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि बिना आधार के अब टीके नहीं दिये जायेंगे उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहला टीका लग चुका है दूसरी बार भी टीके के लिये आधार की आवश्यकता होगी वहीं कोविड की टेस्टिंग में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद जांच के लिये मोबाईल नम्बर देना अनिवार्य होगा मोबाईल पर ओटीपी दिखाने पर ही कोविड की जांच की जायेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की दर निन्यानवे दशमलव एक आठ प्रतिशत हो गयी है अब तक दो लाख उनसठ हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर छह सौ चौबीस रह गयी है देश में अब तक बयासी लाख पचासी हजार से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों में इक्कीस हजार से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गये इस बीच देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर संतानवे दशमलव दो नौ प्रतिशत हो गई है कोविड टास्क फोर्स टीम के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि कोविड की द्रसरी खुराक लेना अनिवार्य है

एम्स आने वाले सभी मरीजों का पूर्व की तरह निबंधन होगा और उन्हें डॉक्टर देखेंगे पंजीकरण सुबह साढ़े आठ बजे से शुरू होगा जबकि ओपीडी में सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक चिकित्सक रहेंगे एम्स के अधीक्षक डॉक्टर सीएम सिंह ने बताया कि पैथोलॉजी और अन्य जांच की सुविधाएं भी पूर्व की तरह आज से शुरू हो गयी हैं गौरतलब है कि कोविड अस्पलाल घोषित होने के बाद एम्स में सामान्य मरीजों का इलाज नहीं हो रहा था बाद में सीमित ओपीडी की सेवा शुरू की गयी थी राज्य के एक हजार पांच सौ ग्यारह प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स के अध्यक्ष और कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के चूनाव के लिये मतदान छिटपूट घटनाओं के बीच शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गया मतदाताओं में पैक्स प्रतिनिधियों को चुनने के लिये विशेष उत्साह देखा गया नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर सामान्य क्षेत्रों में सुबह साढ़े छह बजे से शाम साढ़े चार बजे तक वोट डाले गये वहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में दोपहर तीन बजे तक ही वोटिंग करायी गयी मतदान की समाप्ति के तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो गयी है देर रात तक नतीजे भी आने लगेंगे वहीं राज्य के कुछ अन्य पैक्स समितियों के लिये अठारह फरवरी को मतगणना होगी पटना जिले के दानापुर दियारा क्षेत्र अंतर्गत हेतनपुर गांव में पैक्स चुनाव के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच भिंड़त हो गयी बूथ संख्या पांच पर बोगस वोटिंग को लेकर हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गये पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों के लोगों को अलग अलग कर मामले को शांत कराया निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार मतदाताओं की संख्या में लगभग चौदह लाख सड़सठ हजार की बढ़ोतरी हुई है अंतिम प्रकाशन के बाद राज्य में मतदाताओं की संख्या बढ़कर सात करोड़ उनचास लाख पैंसठ हजार आठ सौ चार हो गयी है नवादा से लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चंदन सिंह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के युवा नेता कन्हैया कुमार ने भी राज्य सरकार के मंत्री और जदयू के वरिष्ठ नेता अशोक चौधरी से मुलाकात की हालांकि इस भेंट को औपचारिक बताया जा रहा है लेकिन इसे लेकर राजनीतिक कयास तेज हो गये हैं राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के सभी लेन आज आधी रात से फास्टैग लेन घोषित हो जायेंगे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रहण प्रणाली फास्टैग आज से अनिवार्य कर दिया गया है टोल प्लाजा पर नकद में टोल टैक्स नहीं लिया जायेगा केवल फास्टैग से ही भुगतान करना होगा जिस गाड़ी पर फास्टैग नहीं होगा उसे दोगुना टोल टैक्स देना होगा और उसे अलग से नन फास्टैग लेन से गाड़ी पार करानी होगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि शुल्क का भुगतान डिजिटल मोड में करने को बढ़ावा देने प्रतीक्षा समय और ईंधन खर्च कम करने तथा शुल्क प्लाजा के जरिये निर्बाध यात्रा उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया है केन्द्र सरकार बच्चों में सकारात्मक विचार और अच्छे व्यवहार को बढावा देने के उद्देश्य से खिलौनों और खेलों के उपयोग पर जोर दे रही है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है प्रोफेसर पवन सुधीर ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि खिलौने और खेल बच्चों में सीखने की क्षमता को बढाने और समस्या को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं

प्रोफेसर पवन सुधीर ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखने में खेल के तरीके और कला आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता है साउंड बाईट एनसीईआरटी ने इस प्रक्रिया में एक समूह का गठजोड़ किया है गठन किया है ताकि हम लोग एक विधिवत तरीके से खेलों को किस तरह से शिक्षा शास्त्र का हिस्सा बनाएं इसे डिजाइन कर सकें मौसम विभाग ने दो दिनों बाद राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और बादल छाये रहने की संभावना जतायी है मौसम वैज्ञानिक आश्तोष कुमार ने बताया कि नमी युक्त हवा चलने से दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना बन रही है

उन्होंने बेतिया में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जल्द ही आजादी के आंदोलन में शहीद नौ छात्रों की स्मृति में शहीद पार्क का निर्माण किया जायेगा शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह मिर्जा गालिब की आज एक सौ बावनवीं पुण्यतिथि है अठारह सौ उनहत्तर में आज ही के दिन दिल्ली में उनका निधन हुआ था एक श्रद्धांजलि

आज गालिब की प्रण्यतिथि है आगरा में पैदा हुए और दिल्ली में अपनी जिंदगी गुजारने वाले गालिब आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के दरबार में शाही शायर की हैसियत रखते थे गालिब की शायरी ऐसी थ्रो जो हर दौर की शायरी रही है और उनके निधन के लगभग डेढ़ सौ साल गुजर जाने के बावजूद आज भी उतनी ही प्रासंगिक है उनकी शायरी का कमाल ये है कि उनके शब्दों के कई कई मायने निकलते हैं एक तरफ वो शायरी को दुनिया के शहंशाह हैं तो दूसरी तरफ गालिब के खुतूत की दूसरी मिसाल दूंढे नहीं मिलतीं उनकी लिखी गजलों को भारत और उपमहॉद्वीप के जगजीत सिंह से लेकर राहत फतेह अली खां तक और सुरैया से लेकर लता मंगेशकर तक न जाने कितने ही गायक गायिकाओं ने गाकर ख्याति प्राप्त की है बिहार क्रिकेट लीग का आयोजन इक्कीस मार्च से किया जायेगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि सत्ताईस मार्च तक चलने वाले इस क्रिकेट लीग में पांच टीमें शामिल होंगी ये टीमें हैं पटना पायलट्स आरा एवेन्जर्स भागलपुर बुल्स दरभंगा डायमंड्स और गया ग्लैडियटर्स बेतिया जिला परिषद् के पूर्व सदस्य दया वर्मा की हत्या के मामले में पुलिस ने जदयू विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह और एक स्थानीय ठेकेदार शमशुल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है मृतक के परिजनों के बयान पर एफआईआर दर्ज करायी गयी है गौरतलब है कि कल वार्ड पार्षद की नौरंगिया के सिरसिया चौक पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी औरंगाबाद सदर अस्पताल में आज से डायलिसिस की सुविधा शुरू हो गयी है किडनी और अन्य गंभीर रोगों से ग्रसित मरीजों को इससे काफी सुविधा होगी मगध क्षेत्र में यह पहला सदर अस्पताल है जहां डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है बक्सर जिले के आदमपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धांसु गांव के पास दिनारा मुख्य पथ पर एक निजी वाहन दुर्घटनाग्रस्त होकर गहरी खाई में पलट गया इस हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गयी तथा तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गये

टीकाकरण के लिये राज्य सरकार ने आधार को अनिवार्य किया

फास्टैग नहीं होने पर देना होगा दोगुना टोल टैक्स